कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

इवा फार्मा शुरू में दस हजार इंजेक्शन की आपूर्ति करेगा

रेमडेसिविर केन्द्र सरकार ने राज्यों को महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ा दी है केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानन्द गौड़ा ने बताया है कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी होने से इसकी बढ़ी हुई उपलब्यता की समीक्षा के बाद आवंटन योजना संशोधित की गई है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

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि एक करोड से अधिक कोविड टीके अभी भी राज्यों के पास उपलब्ध हैं मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अगले तीन दिन में लगभग बीस लाख वैक्सीन मिल जाएंगी

हालांकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा है कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा जरूरत के आधार पर चने गये मार्गों पर निर्धारित उडानों की अनुमति दी जाएगी यह रोक मालवाहक विमानों और निदेशालय द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्राप्त उडानों पर लागू नहीं होगी हेल्पलाइन नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है

देश भर में गर्मवती महिलाएं रात दिन किसी भी समय इस नम्बर पर आयोग से संपर्क कर सकती हैं

मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज देहरादून जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायको के साथ कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर बैठक की मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के इस दौर में सभी विधायक जनप्रतिनिधि जनता के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें उन्होंने जनप्रतिनिधि से कहा कि वे कोविड वैक्सीनेशन के लिए जनता को अधिक से अधिक प्रेरित करें इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाये रखें और कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती से लड़ने में पूरा सहयोग करें

उन्होंने कहा कि यह दोनों ही अलग अलग प्रकार की वैक्सीन सीरम इन्सटीट्यूट पूने और भारत बायोटेक द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश को आपूर्ति की जा रही है महानिदेशक ने कहा कि वैक्सिनेशन प्रारम्भ होने तक इस अवधि में पात्र लाभार्थियों का कोविन पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य जारी रहेगा और जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होगी निर्धारित वैक्सिनेशन केन्द्रों पर पंजीकृत व्यक्तियों को सुचना देकर टीकाकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा

बैठक अरविंद पांडेय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को सुरक्षित रखने को लेकर हमारी जिम्मेदारी बढ गयी है हमें अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करना है ताकि लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके

इस दौरान श्री पांडेय ने सभी जिलों में आक्सीजन सिलेंडरों बेड वेंटिलेटर एक्टिव केस वैक्सीनेशन स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या सैंपलिंग आदि की विस्तार से जानकारी भी ली

जिनकी संख्या जल्द ही और अधिक बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है

समीक्षा बैठक शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने आज नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम और संक्रमित लोगों के बेहतर ईलाज के सम्बन्ध में समीक्षा की

उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन से भी सरकारी सस्ते गले की द्वानों में संक्रमण को देखते हुए रोस्टर अथवा वितरण का कार्य सामाजिक दूरी के साथ खुले मैदान में कराने की बात कही श्री भगत ने जिले की सीमाओं पर बाहर से आने वालों की नियमित चेकिंग और बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को भी प्रवेश न करने के निर्देश दिये

आस्था के प्रतीक भगवान बद्री विशाल के महाभिषेक के लिए टिहरी गढ़वाल सांसद व महारानी राज्य लक्ष्मी शाह की अग्वाई में कल तिल का तेल पिरोया गया जिसे पूरे विधि विधान और सामाजिक दूरी के साथ नगर सुहागिन ने पीला वस्त्र पहन कर मुसल व सिलबट्टे से पिरोये तेल को पकाया जिसके बाद गाड़ घड़ा तेल कलश पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के बाद डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा गया